और पन्द्रहवीं पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज से पटना में हो रही है शुरू

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी इस परियोजना पर दस हजार चार सौ उनतालीस करोड़ रूपये की लागत आयेगी इस संयंत्र को दो हजार चौबीस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इसके उत्पादित पचासी प्रतिशत बिजली खरीदने का राज्य सरकार ने करार किया है भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की नई दिल्ली में देर रात हुयी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित थे इस बैठक के बारे में बाद में कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया गया लेकिन समझा जाता है कि बैठक में चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर विचार किया गया बैठक के बाद भाजपा महासचिव भूपेन्द्र यादव ने बताया कि पार्टी आगामी आम चुनाव में झारखंड से चौदह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से तेरह पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जबकि ऑल झारखंड स्टूडेन्टस यूनियन ए जे एस यू एक सीट पर चूनाव लड़ेगी

बैठक में लोकसभा चुनाव और गठबंधन दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया जायेगा पार्टी सूत्रों ने बताया कि संसदीय बोर्ड की बैठक के तुरंत बाद राजद के सभी विधायकों और विधान पार्षदों की भी बैठक होगी पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के दालकोला चेकपोस्ट पर बीते सात फरवरी को मिले ग्रेनेड लाँचर एके सैंतालीस और अठारह सौ जिंदा कारतूस मामले की जांच एनआईए करेगी जानकारी के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मुकेश सिंह को एनआईए रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़े बीस लोग फरार बताये गये हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कई अधिकारियों और चयनकर्ताओं के खिलाफ चयन प्रक्रिया में धांधली के आरोप में पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के एक सदस्य के बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है दर्ज प्राथमिकी में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल बोहरा सचिव रवि शंकर प्रसाद सहित कई चयनकर्ताओं के नाम शामिल हैं एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में पिछले दिनों राज्य टीम के चयन में बड़ी अनियमितता का मामला उजागर हुआ था राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों के साठ दिन में समाधान के लिये शिकायत निवारण नियमावली बनाने का निर्णय लिया है इस नियमावली के तहत सभी जिलों और विभागों में शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनवाई करेंगे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लग गयी है एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने दो हजार उन्नीस बीस में बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला लिया है इसके लिये सरकार ने सब्सिडी राशि के रूप में पांच हजार एक सौ तिरानवे करोड़ रूपये की मंजूरी दी है मंत्रिमंडल सचिव संजय कुमार ने बताया कि बैठक में राज्यकर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दिये जाने का भी फैसला किया गया है इसके तहत आतंकवाद उग्रवाद हिंसक घटनाओं और चुनाव कार्य में मृत्यू होने पर सरकारी सेवक के परिवार को दस लाख रूपये मिलेंगे इसके अलावा पत्नी के जीवित नहीं होने पर बेटे और बेटियों में किसी एक को ढाई हजार रूपये प्रति माह प्रदान किये जायेंगे प्रदेश के विभिन पंचायतों के खाली पड़े एक हजार नौ सौ अड़तीस विभिन्न पदों के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा राज्य निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा इस बार मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा मतों की गिनती बारह मार्च को होगी राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस स्तर के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार सीतामढ़ी जिले के पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश को आर्थिक अपराध इकाई पटना का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है गया के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक होंगे वहीं आर्थिक अपराध इकाई पटना के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार का गया के पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर तबादला किया गया है केंद्र सरकार ने अधिवक्ताओं को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनाने और इसे लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति बनाई है विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कानून विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति गठित की है यह समिति अधिवक्ताओं के असामयिक निधन और उनके चिकित्सा बीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए व्यापक बीमा योजना का सुझाव देगी समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी तीन सौ नब्बे दवाइयों के मूल्य में सत्तासी प्रतिशत तक की कमी की है नई कीमतें लागू हो गई हैं

बिहार पुलिस ने दारोगा पद पर बहाली के लिये अंतिम सूची जारी कर दी है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से जारी परिणाम में एक हजार छह सौ पैंसठ अभ्यर्थियों का चयन दारोगा पद के लिये किया गया है सफल अभ्यर्थियों में छह सौ छियालीस महिलायें शामिल हैं आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सफल अभ्यर्थी अपना चयन पत्र चौदह और पंद्रह मार्च को प्रवेश पत्र या दूसरे फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फरीदपुरा के पास बारातियों से भरी ट्रैक्टर के पलट जाने से चार लोगों की मौत हो गयी है जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये वहीं सुपौल जिले के किसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसी महासेतु के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या सतावन पर ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गयी जबकि अठारह लोग घायल हो गये आयकर विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मुरलीधर प्रसाद के पास से दस करोड़ रूपये से अधिक गड़बड़ी के मामले का उजागर किया है विभाग ने अब तक की जांच में छत्तीस लाख नकद और जमीन से जुड़े कई कागजात बरामद किये हैं इन कागजातों की जांच की जा रही है पटना में आज से ग्यारह मार्च तक पन्द्रहवीं पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा पैरालिंपिक कमिटी आफ बिहार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस चैम्पिनशिप में देश के लगभग पच्चीस राज्यों के तीन सौ से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे प्रतियोगिता में ट्रैक एंड फिल्ड्स स्पर्धा का आयोजन किया जायेगा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने जिले के शस्त्रधारियों को पंद्रह से अठारह मार्च तक अपने हथियारों के लाईसेंस का सत्यापन कराने निर्देश दिया है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सत्यापन नहीं कराने वालों के लाईसेंस निलंबित कर दिये जायेंगे पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र के बलवा गांव से पुलिस ने तीरमुहान पंचायत के मुखिया को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार मुखिया के पास से एक पिस्तौल कुछ कारतूस और तलवार बरामद किया गया बिहार प्रशासनिक सेवा की चौसठवीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होगी लिखित परीक्षा के लिये ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया बारह मार्च से शुरू होगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आयोध्या भूमि विवाद के हल के लिये उच्चतम न्यायालय के प्रयास को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है अयोध्या मामले में मध्यस्थ तय दैनिक जागरण ने लिखा है अयोध्या मसले पर सुलह के रास्ते तलाशेंगे मध्यस्थ प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है अयोध्या भूमि विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों के पास भेजा इसके साथ ही अखबार ने राफेल पर अटर्नी जनरल के बयान को प्रमुख खबर बनाते हुये सुर्खी लगायी है राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं एजी

और पन्द्रहवीं पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज से पटना में हो रही है शुरू